लोकसभा ने कल इसे दी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के संसद में पारित होने को बताया महत्वपूर्ण कहा राज्य में अब एक नयी सुबह का इंतजार वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का कल रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में निधन रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले पर कल से उच्चतम न्यायालय में शुरू हुई रोजाना सुनवाई संसद ने संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को समाप्त करने के संकल्प को मंजूरी दे दी है कल लोकसभा में बहत्तर के मुकाबले तीन सौ इक्यावन सदस्यों के समर्थन से ये प्रस्ताव पारित हो गया राज्यसभा ने इसे कल ही पास कर दिया था अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था लोकसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सत्तर के मुकाबले तीन सौ सड़सठ वोटों से पारित कर दिया गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में हुई बहस का उत्तर देते हुए कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करना जरूरी हो गया था क्योंकि यह कश्मीर को भारत की मुख्यधारा से जोड़ने में एक बाधा बना हआ था

उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर हमेशा ही भारत का ही अंग रहेगा उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद ही घाटी में आतंकवाद का मूल कारण है गृहमंत्री ने राज्य में भ्रष्टाचार और विकास के अभाव के लिए इसी अनुच्छेद को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने इस अनुछेद को महिला विरोधी दलित विरोधी और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया अमित शाह ने इस अनुछेद से केवल तीन परिवारों को ही लाभ हुआ है और जो लोग इसको हटाने का विरोध कर रहे हैं वे केवल अपने हितों की रक्षा के लिए कर रहे है न कि घाटी के लोगों की रक्षा के लिए अनुच्छेद की खामियां गिनाते हुए गृहमंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में लागू नौ संविधान संशोधन और एक सौ छः कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किये जा सके जिसका राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा है इनमें शिक्षा का अधिकार बाल विवाह निषेध अधिनियम और राजनीतिक संरक्षण शामिल हैं उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद की बदौलत लोकतंत्र का गला घोटा गया गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह प्रस्ताव लाकर एन डी ए सरकार ऐतिहासिक भूल नहीं कर रही बल्कि ऐतिहासिक भूल को सुधार रही है वे इस बारे में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि प्रवानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास देखने के बाद घाटी के लोगों को समझ में आएगा कि धारा तीन सौ सत्तर के कारण वे विकास में कितना पीछे रह गये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले के एक सवाल का जबाव देते हुए कि जम्मू कश्मीर के पर्यावरण का क्या होगा शाह ने कहा कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के कानून हैं जिन्हें अनुछेद तीन सौ सत्तर के समाप्त होते ही लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग बना रहेगा इससे पहले बहस में हस्तक्षेप करते हुए भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि धारा तीन सौ सत्तर का दुरुपयोग एक निहित स्वार्थ दन गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के संसद में पारित होने को महत्वपूर्ण बताया है और कहा कि राज्य में अब एक नई सुवह का इंतजार किया जा रहा है वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने अपने ब्लॉग में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर अपने दृढ़ निश्चय से इतिहास का निर्माण किया है लद्दाख से भाजपा सांसद जाम्यांग त्सेरिंग नामग्याल ने कहा कि यह कदम पिछली भूलों का सुधार है उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि सरकार लद्दाख के लोगों की भावनाओं को सुन रही है पूरे लहाख के निवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि पहली बार इस भारत के इतिहास लद्दाखियों के सेंटिमेंट को इसप्रेशन को सुना जा रहा है चीन के साथ पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगते हैं उस लद्दाख के महत्व को समझ रहे हैं हम भारत देश का अटूट अंग बनना चाहते हैं क्योंकि हम मानते हैं आन देश की शान देश की देश की हम संतान हैं तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी यह पहचान है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धारा तीन सौ सत्तर के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर को दिये गये विशेष दर्जे को समाप्त करने के प्रस्ताव पर कल लोकसभा में लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल के भाषण के लिए उनकी प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सांसद ने अपने भाषण में इस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को सुसंगत ढंग से प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा कि हमारे युवा मित्र जामयांग ने जम्मू कश्मीर पर मुख्य विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में उत्कृष्ट भाषण दिया वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का कल रात नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया वह सड़सठ वर्ष की थीं कल शाम दिल का दौरा पड़ने पर एम्स में भर्ती कराया गया था जहां चिकित्सकों के अथक प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका श्रीमती स्वराज का अंतिम संस्कार आज अपरान्ह तीन बजे के बाद नई दिल्ली में किया जायेगा इससे पूर्व उनके पार्थिक शरीर को सुबह ग्यारह बजे भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में दशनार्थ रखा जायेगा श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायडू प्रधानमंत्री सहित अनेक केन्द्रीय मंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमती स्वराज के निधन को अपनी निजी क्षति बताया है उन्होंने कहा है कि सुषमा स्वराज देश के लिए किए गये कार्य के लिए हमेशा याद रखी जायेगी श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में सुषमा जी को एक प्रखर वक्ता और उत्कृष्ट सांसद बताया केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई केन्द्रीय मंत्रियों ने श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा द्ख व्यक्त किया है इन नेताओं ने कहा कि एक आदर्श सांसद के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जायेगा श्रीमती स्वराज के निधन पर प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हई मंत्रिपरिषद की बैठक में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए हटाये जाने पर बघाई प्रस्ताव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी खनिज नीति में बदलाव आरटीआई नियमावली संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए बताया कि पर्यावरण को देखते हुए नई नीतियों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है मंत्रिपरिषद ने कल न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी इससे राज्य में चालीस हजार करोड़ रूपये का निवेश आयेगा और इससे पचास हजार लोगों को रोजगार मिलेगा उन्होंने बताया कि पॉलिसी के अन्तर्गत जमीन खरीदने और निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जायेगी उन्होंने कहा कि इससे राज्य में पहले चरण में दस हजार ई क्वीकल और इलेक्ट्रिक बसे आने की संभावना है मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत किसानों और इच्छक लोगों को इन गौवंशों को पालने के बदले तीस रूपये रोजाना की दर से खाते में धनराशि स्थानांतरित की जायेगी नौ अगस्त को एक ही दिन में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए बाईस करोड़ पौधे लगाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर रोजाना सुनवाई कल से शुरू कर दी इस मुद्दे पर मध्यस्थता के प्रयास विफल रहे थे तीन सदस्यों के मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अव्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दो अगस्त को संज्ञान लिया था सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मामले की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य का अनुरोध नामंजूर कर दिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तीनों जनपदों में गठित होने वाली महिला वाहिनियों के लिए तीन हजार सात सौ छियासी पदों के सूजन का निर्णय लिया गया है एक महिला वाहिनी के लिए कुल एक हजार दो सौ बासठ पद सृजित किये जाने है